विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक पेश

और राजधानी पटना में गर्मी ने पिछले छत्तीस सालों का रिकॉर्ड तोड़ा

भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव एक सौ निन्यानवे वोटों से गिर गया है अविश्वास प्रस्ताव पर मतविभाजन में एक सौ छब्बीस सदस्यों ने इसका समर्थन किया जबकि इसके विरोध में तीन सौ पच्चीस सदस्यों ने मत दिया दो हजार चौदह में सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ यह पहला अविश्वास प्रस्ताव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिन भर चली बहस का जवाब देते हुए विपक्ष को अहंकारी बताया उन्होंने कहा कि यह सरकार का शक्ति परीक्षण नहीं है बल्कि कांग्रेस और इसके सहयोगी दलों की परीक्षा है श्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुददों पर बचकाना बयान देने से बचना चाहिए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला कहना सुरक्षा बलों का अपमान माना जायेगा श्री मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार ने विशेष रूप से महिलाओं कमजोर वर्गों युवाओं और किसानों के फायदे के लिये काफी काम किया है लेकिन विपक्ष को इन कामों से जुड़े तथ्यों में विश्वास नहीं होता प्रधानमंत्री ने पीट पीटकर मार दिये जाने की घटनाओं पर सभी राज्य सरकारों से ऐसी हिंसा में शामिल लोगों को सजा दिलाने की अपील करते हुये कहा कि ऐसी घटनाएं देश के लिये शर्म की बात हैं अविश्वास प्रस्ताव पर जीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सरकार का समर्थन करने वाली सभी पार्टियों को धन्यवाद दिया विधानसभा में पेश किये गये शराबबंदी संशोधन विधेयक में नकली और मिलावटी शराब का कारोबार करने वालों के लिए उम्रकैद और दस लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावित संशोधन कानून में शराब पीने के बाद पहली बार पकड़े जाने पर पचास हजार रूपये का जुर्माना या तीन माह जेल की सजा की व्यवस्था की गयी है दूसरी बार पकड़ाने पर कम से कम एक साल जेल की सजा होगी जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है नशे की हालत में उपद्रव करने पर कम से कम पांच साल की सजा और एक लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है जिसे बढ़ा कर दस साल की सजा और पांच लाख रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है शराब और मादक पदार्थों के अवैध निर्माण आयात या परिवहन पर पहली बार पकड़े जाने पर पांच साल की सजा और कम से कम एक लाख रूपये का जुर्माना होगा वहीं दूसरी बार पकड़े जाने पर दस साल की कठोर सजा और कम से कम पांच लाख रूपये का ज़र्माना किया जायेगा प्रस्तावित कानून में सामूहिक रूप से ज़र्माना लगाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है विधेयक पर सोमवार को सदन में चर्चा होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी के खिलाफ बोलना आत्मघाती है और इसका विरोध करने वाले एससी एसटी और पिछड़ा अतिपिछड़ा विरोधी हैं जदयू विधानमंडल दल की बैठक को संबोधित करते हुये श्री कुमार ने कहा कि शराबबंदी समेत समाज सुधार के किसी भी विषय पर कोई समझौता नहीं किया जायेगा उन्होंने कहा कि इन अभियानों को कोई रोकना चाहेगा तो वे अंतिम कुर्बानी तक देने के लिए तैयार है बिहार सरकार ने प्रोन्नति में आरक्षण देने के पुराने नियम को फिर से लागू कर दिया है दो वर्ष के अन्तराल के बाद अब राज्य सरकार की सेवाओं में फिर से प्रोन्नति में आरक्षण का लाभ मिलेगा इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रोन्नति में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था जारी रखने के आदेश के बाद यह फैसला किया गया शिक्षक पात्रता परीक्षा के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी कर रहे सोलह लोगों के खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है इस मामले में पुलिस ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अभिलेखागार प्रभारी जटाशंकर मिश्र और पदचर रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया है वहीं बेगूसराय जिले के छोटी बलिया स्थित विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित तीन शिक्षिकाओं को हिरासत में लिया गया है सिपाही पद पर सहरसा जिले में योगदान करने पहुंचे चार फर्जी अभ्यर्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है इनमें एक महिला उम्मीदवार भी शामिल है पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि मूल प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान हस्ताक्षर में गड़बड़ी पाये जाने के बाद कड़ाई से पूछताछ में सभी अभ्यर्थियों ने लिखित और शारीरिक परीक्षा में दूसरे के बैठे जाने की बात स्वीकार की है वहीं गया पुलिस लाईन में सिपाही पद पर योगदान करने पहुंचे नालंदा के एक उम्मीदवार को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है केन्द्र सरकार ने प्रदेश में तीन सड़कों के निर्माण के लिए चार सौ सत्तावन करोड़ छत्तीस लाख रूपये मंजूर किये हैं पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इस राशि से रोहतास और पटना जिले में सड़कों का निर्माण किया जायेगा उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सड़कों का निर्माण दो साल के अन्दर पूरा कर लिया जायेगा चारा घोटाले के सजायाफ्ता पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र को झारखंड उच्च न्यायालय ने स्थायी जमानत दे दी है न्यायधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने डॉक्टर मिश्र को खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी इधर पूर्व सांसद जगदीश शर्मा को भी एम्स में इलाज कराने की न्यायालय ने अनुमति दे दी है राजधानी पटना में गर्मी ने पिछले छत्तीस सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है पटना का तापमान कल इकतालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो जुलाई महीने में सबसे अधिक है इससे पूर्व छह जुलाई उन्नीस सौ बयासी ईस्वी को राजधानी का पारा चालीस डिग्री से पार हुआ था प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी अधिकतम तापमान चालीस डिग्री सेल्सियस के आस पास बना हुआ है मौसम विज्ञान केन्द्र के अनुसार अगले दो दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है दो दिन बाद ही मॉनसून के सक्रिय होने की सम्भावना है हालांकि इस दौरान स्थानीय कारणों से कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले साल होने वाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए निबंधन की अंतिम तारीख सत्ताईस जुलाई तक बढ़ा दी है पहले यह तिथि बीस जुलाई तक निर्धारित थी निगरानी जांच ब्यूरो ने करोड़ों रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में नवादा जिले के पूर्व सहकारिता पदाधिकारी विक्रम कुमार झा और उनकी पत्नी के खिलाफ विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है मधुबनी वैशाली और खगड़िया जिले में पिछले चौबीस घंटे के दौरान विभिन्न सड़क हादसों में सात लागों की मौत हो गयी जबकि पांच अन्य घायल हो गये रोहतास जिले के परसथ्रआ थाना क्षेत्र के नैना कुआं मोड़ के पास से पुलिस ने पांच अपराधियों को दो देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृह कांड में गायब बच्चियों की तलाश के लिए विशेष पोक्सो अदालत ने जमीन खोदने की अनुमति दे दी है आरोप है कि अल्पावास गृह में रह रही एक किशोरी की पिटाई से हुई मौत के बाद उसके शव को परिसर में दफना दिया गया था बहुचर्चित सुजन घोटला मामले में भागलपुर के तत्कालीन जिला अंकेक्षण पदाधिकारी कृष्णकांत शर्मा को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है

अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाये गये अविश्वास प्रस्ताव से जुड़ी खबर को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है शिव सेना के बिना सरकार ने भरोसा जीता विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज दैनिक जागरण के शब्द हैं हम आपकी तरह सौदागर नहीं मोदी

प्रभात खबर लिखता है पहली बार शराब पीते पकड़े गये तो बेल दैनिक भास्कर की सुर्खी है शराबबंदी का विरोध करने वाले लोग दलित विरोधी हैं नीतीश राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है केन्द्र सरकार के साथ खड़ा हूँ मैं आज की खबर है सुखाड़ की ओर बढ़ रहा सूबा घोषणा की तैयारी

विधानसभा में शराबबंदी संशोधन विधेयक पेश

और राजधानी पटना में गर्मी ने पिछले छत्तीस सालों का रिकॉर्ड तोड़ा